सत्र की शुरूआत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विधानसभा के दिवंगत पूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोदगार के साथ होगी इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की शासकीय कार्य सूची से सदन को अवगत करवाएंगे इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस सत्र के लिए विशेष रूप से एहतियात बरती जा रही है सुरक्षा के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है विधानसभा परिसर में प्रवेश के दौरान सभी विधायकों और मंत्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत विधानसभा कार्यवाही देखने आने वालों को अनुमति नहीं दी गई है शिक्षा नीति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे

इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बडे सुधारों का लक्ष्य है

यह एक दिन में सर्वाधिक मामलों का रिकॉर्ड है

कंगना रणौत प्रदेश सरकार सिने अभिनेत्री कंगना रणौत को सुरक्षा मुहैया करवाएगी प्रदेश पुलिस की सुरक्षा उन्हें हिमाचल के अंदर तथा बाहर दोनों जगह उपलब्ध करवाई जाएगी मुख्यमयंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कंगना के परिजनों के आग्रह पर सुरक्षा के लिए डीजीपी को आदेश दे दिए गए हैं उन्होंने कहा कि कंगना रणौत हिमाचल की बेटी व सेलीब्रेटी हैं तथा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज विधानसभा के मानसून सत्र और कोरोना महामारी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है कोविड महामारी के बीच हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से अमर उजाला के शब्द हैं मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप अफसरों की मनमानी पर हंगामे के आसार दिव्य हिमाचल लिखता है आज से तपेगी हिमाचल विधानसभा दस दिन के मानसून सत्र में सवाल जवाब के जरिए सरकार विपक्ष गरमाएंगे सियासत हिमाचल दस्तक और आपका फैसला का एक जैसा शीर्षक है प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से

अभिनेत्री कंगना रणौत को सुरक्षा मुहैया करवाने के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है कंगना की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी हिमाचल सरकार जबकि अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल की बेटी हैं कंगना उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कंगना को सुरक्षा देगी हिमाचल सरकार अजीत समाचार ने लिखा है हिमाचल सरकार ने अभिनेत्री कंगना रणौत को दी सुरक्षा

एनडीए परीक्षा के लिए चलाई गई ट्रेन में शिमला पहुंचे केवल दो यात्री शीर्षक से खबर को पंजाब केसरी ने सचित्र प्रकाशित किया है